सत्र के पहले दिन आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तृत किया इस विधेयक में निजी मंडियों को डीम्ड मण्डी घोषित करने राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारियों को मण्डी की जांच का अधिकार अनाज की आवाजाही निरीक्षण में जब्ती का अधिकार निजी मण्डियों में अधिकारियों को मंडारण की तलाशी का अधिकार मण्डी समिति और अधिकारियों पर वाद दायर करने का अधिकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भूगतान संचालन राज्य सरकार द्वारा बने नियम के तहत करने और जानकारी छिपाने तथा गलत जानकारी देर्ने पर सजा और जुमाने का प्रावधान है इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने सरकार से मांग की कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक दिसंबर के बजाय एक नवंबर से शुरू की जाए विपक्षी सदस्यों का कहना था कि एक नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं हुई तो किसानों का धान सूंखत में आ जाएगा और इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा सदस्यों का कहना था कि केन्द्र सरकार ने साठ लाख मीटरिक टन चावल लेने के लिए हामी भरी है तो छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों से प्रति एकड़ बीस क्विंटल की धान खरीदी करनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि धान की कटाई शुरू हो गई है ऐसे में एक नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए भाजपा सदस्य बुजमोहन अग्रवाल ने विशेष सत्र ब्लाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार अध्यादेश लागू कर सकती थी तो विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी विपक्षी सदस्यों ने एक नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर सदन में नारेबाजी भी की राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के विरोध में यह संशोधन पूर्णरूप से असंवैधानिक है विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संशोधन विधेयक आज पेश किया है वह केन्द्र के कानून को प्रभावित नहीं करता है बल्कि यह संशोधन विधेयक प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है उन्होंने कहा कि विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि संशोधन विधेयक पर चर्चा हो और किसान जान सकें कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है इससे पहले आज की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित नौ दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई सदन द्वारा आज जिन नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनमें पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया अविभाजित मध्यप्रदेश के सदस्य लुईस बेक मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर चंद्रहास साह डॉक्टर राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी शशिप्रभा देवी देवप्रसाद आर्य पूर्व मंत्री माधव ंसिंह ध्रव और पूर्व मंत्री तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर महेन्द्र बहादुर सिंह शामिल हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मुख्यमंत्री भूपेश बधेल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने दिवंगत नेताओं के व्यक्तित्व और उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की बाद में सदन में इन दिवंगत नेताओं के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा गया पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें उन्होंने कहा कि सुरक्षित दरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तरप्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि जनधन आयुष्मान उज्जवला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहच रहे हैं और यह सरकार के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में ॅकहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई

यहां तीन नवंबर को वोट डाले जाएंगे मरवाही क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है विभिन्न उम्मीदवार जनसंपर्क और सभाएं लेकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह के समर्थन में आज रायगढ़ से भाजपा सांसद गोमती साय और राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने विभिन्न स्थानों में सभाए लीं वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के के ध्रव ने भी विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया भाजपा समिति राज्यपाल ज्ञापन प्रदेश में किसानों के आत्महत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित जांच समिति ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साह के नेतत्व में आज राज्यपाल अनुसईया उइके से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बीते दिनों दूर्ग और रायपुर जिले में दो किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है भाजपा नेताओं ने इन किसानों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में पच्चीस लाख रूपये की राशि प्रदान किए जाने की मांग की किसान रेल भारतीय रेलवे द्वारा किसानों की मदद करने और देशभर में कृषि उत्पादों की तेज दुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान रेल चलाई जा रही है इसके जरिये किसान अपने उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहंचा रहे हैं इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कल नागपुर मंडल के छिंदवाड़ा से हावड़ा स्टेशन तक अट्ठारह कोच वाली किसान स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच चलाई जाएगी वापसी में यह ट्रेन उनतीस अक्टबर को हावडा से छिंदवाडा स्टेशन के लिए रवाना होगी इस किसान रेल में सब्जी और फल के परिवहन भाड़े में पचास फीसदी की छूट दी जा रही है

यह दो नवम्बर तक चलेगा इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समुद्ध भारत प्रत्येक वर्ष सप्ताहभर तक चलने वाला यह आयोजन इकतीस अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया जाता है छत्तीसगढ में भी आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है इसके तहत मंत्रालय संचालनालय और सभी कलेक्टोरेट सहित केन्द्र तथा राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई गई वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल में भी मंडल रेल प्रबंधक श्याम संदर गृप्ता सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक रहने की शपथ ली सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत वर्कशॉप वाद विवाद पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता सहित उपभोक्ता शिविर ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कलसचिवों और सभी महाविद्यालयों के प्राचायों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं गौरतलब है कि पूर्व में स्नातक प्रथम वर्ष में एक अगस्त से प्रवेश प्रारंभ करने और सितंबर महीने से चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन कक्षाए शुरू करने के आदेश दिए गए थे लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर उनतीस अक्टूबर कर दी है इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छब्बीस अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम अब दो नवम्बर से शुरू होगा इसमें पहली से आठवीं कक्षा तक के शिक्षक और शाला प्रमुख शामिल होंगे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए शिक्षक एक नवम्बर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं कोरोना जागरूकता कोरोना संक्रमण के ठंड में और अधिक बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए विशेषज्ञ लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध हृदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अली खान का कहना है कि ठंड के मौसम में हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होती है इसलिए ऐसे समय में बुजूर्गों को खासकर ध्यान रखना होगा कि वे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें साथ ही वे त्यौहार मनाते समय सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें

आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक नगर सरायपाली में किया गया वे छियानवे वर्ष के थे महेन्द्र बहादुर सिंह अविमाजित मध्यप्रदेश में मंत्री और सात बार विधायक रहने के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महेंद्र बहादुर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है दुर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई वहीं छह अन्य लोग घायल हो गए हैं महासमुंद जिले में आज तुमगांव और पटेवा के बीच कोडार डैम के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बस से जा टकराई इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता पृत्र सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई ये तीनों बेमचा और सोरिद गांव के रहने वाले थे वहीं गरियाबंद जिले के मालगांव में बीती रात तेज रफ्तार एक कार ने सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई वहीं छह अन्य लोग घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम किया और कार चालक के घर जाकर तोड़फोड़ की बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए वहीं जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव में भी अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एक अन्य हादसे में बेमेतरा जिले के नवागढ़ मार्ग पर चारपहिया वाहन खड़ी ट्रक से टकरा गया इस हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई माओवादी मुठमेड़ सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई हालांकि इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है मिली जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान किस्टाराम के पालाचलमा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है

इसके तहत कल रात संपन्न हुए भीतर रैनी रस्म के तहत चोरी कर कृम्हड़ाकोट के जंगल में रखे गए रथ को आज शाम पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों द्वारा खींचकर वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जा रहा है इसके पहले कृम्हड़ाकोट जंगल में पूर्व राजपरिवार नवाखानी उत्सव मनाएगा इसके बाद पूर्व राजपरिवार के सदस्य और अतिथि रथ की सात परिक्रमा करेंगे इससे पहले कल रात भीतर रैनी की रस्म अदा की गई इसके तहत आठ पहियों वाले विशालकाय दो मंजिले रथ में मां दन्तेश्वरी के छत्र को रखा गया था इस मौके पर जिला पूलिस बल के जवानों ने हर्ष फायर कर मां दंतेश्वरी को सलामी दी इसके बाद रथ को मावली माता मंदिर जगन्नाथ मंदिर गोलबाजार चौक से भिताली चौक होते हुए दन्तेश्वरी मंदिर के सामने सिंहढ्योढ़ी तक खींचते हुए लाया गया संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले के धनसूली गांव में आज सूबह किसान दंपत्ति पर एक दंतैल हाथी ने हमला कर दिया इस हमले में पति की मौत हो गई वहीं पत्नी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई धमतरी जिले के अर्जुनी गांव में किसानों की छह सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज ट्रैक्टर रैली निकाली राजनांदगांव जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इकतीस अक्ट्बर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं राजनांदगांव जिले में निजी स्कूलों के संचालकों और शिक्षकों ने पालको से फीस जमा कराने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा धमतरी जिले में निजी विद्यालय शुरू करने और आरटीई की राशि प्रदान करने की मांग को लेकर निजी विद्यालय संचालक कल्याण संघ ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जांजगीर चांपा जिले में पेट्रोल पम्प में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सात हजार मकानों का निर्माण किया जाएगा कलेक्टर टीके वर्मा की अध्यक्षता में हुई जनपद पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया बिलासपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के दो अलग अलग मामलों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पचास पचास लाख रूपये की सट्टा पटटी बरामद की गई है राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार से जुड़ी दो महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है